प्रधानमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से गृह प्रवेशम ट्टिका जारी की और एक साथ सभी घरों का लोकार्थण किया इस अवसर प्र उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के करोड़ों लोगों में अ ना घर होने का स ना साकार होने का विश्वास जगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए हरसंभव कार्य कर रही है इस मौके र प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ लोगों को आवास उ लब्ध कराने के लिए ही नहीं है बल्कि ये गरीबों में आत्मविश्वास भरने की भी है

ायलट प्रोजेक्ट ौड़ी म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी प्रैकेजिंग और ब्रांडिंग प्र भी विशेष ध्यान देना होगा मुख्यमंत्री ने आज ौड़ी जिले के घंडियाल में एक संस्था की ओर से शुरू किये गये हाड़ी उत् ादों के प्लांटेशन और श्रायलेट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी उत्पाद किनवा की ब्आई और स्वयं सहायता समूह के उत्पादों का भी निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सामने आ दा को अवसर में बदलने की बड़ी चूनौती है उन्होंने कहा कि शौड़ी में यूवाओं दवारा सामूहिक प्रयासों से सराहनीय कार्य किया जा रहा है अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेकर कार्य करने होंगे

कोविड से बचाव के लिए जो भी गाईडलाइन जारी हो रही है उसका सबको प्रा शालन करना होगा इस बीमारी से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेन्स और मास्क का प्रयोग बहत जरूरी है उन्होंने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा भी की उन्होंने कहा कि शौड़ी में जिला योजना की प्रगति बहत ही उत्साहजनक है विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों र चिंता जताते हए इस संबंध में मुख्य सचिव ओमप्रकाश से बातचीत की उन्होंने कहा कि क्छ दिनों में राज्य में कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से हआ है उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए एक रणनीति के तहत कार्य करना होगा विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना से संक्रमित हए शहरी विकास मंत्री सहित बीजे ी के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न विधायकों से फोन र बात कर उनका हालचाल जाना

कार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने अ ने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गो को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का ये निर्णय लिया गया है

कार्मिक राज्यमंत्री ने बताया कि बढ़ाई गई तिथि की अवधि के दौरान सेंशनभोगियों को निर्बाध सेंशन मिलती रहेगी

इससे अब अस्थताल में लगातार ऑक्सीजन आप्र्ति बनी रहेगी गंभीर रू से बीमार सांस दमा के रोगियों के लिए र्वतीय जिले बागेश्वर में यह सुविधा बहुत कारगर साबित होगी जिलाधिकारी विनीत क्मार ने कहा कि अस्ताल में शुरू ह्ई ऑक्सीजन आप्र्ति सुविधा का अब जिले के लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा सीएम एयर मार्शल भेंट म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड में एयरफोर्स की गतिविधियों के संचालन के लिए भूमि की उपलब्धता के लिये एयर फोर्स और शासन स्तर प्रर नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये हैं ये अधिकारी संय्क्त रू से आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हीकरण के संबंध में कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री से सीएम आवास में एयर मार्शल राजेश क्मार ने भेंट की उन्होंने सामरिक महत्व के दृष्टिगत उत्तराखण्ड के र्वतीय क्षेत्रों में एयर फोर्स की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एयर डिफेन्स रडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की स्था ना के लिए भूमि की व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सैनिक बाहल्य प्रदेश है सेना को सम्मान देना यहां के निवासियों की े रम् रा रही है उन्होंने कहा कि राज्य में एयर फोर्स को उसकी गतिविधियों के संचालन के लिएभूमि की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार प्र सुनिश्चित की जायेगी

यह सोलियो प्रतिक्षण अभियान जिले के चार विकासखण्डों हल्दवानी रामनगर कोटाबाग और भीमताल ब्लाक में आयोजित होगा इस अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने के लिये जिलाधिकारी सविन बंसल ने वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला टास्क फोर्स को दिशा निर्देश दिये

जिलाधिकारी ने कहा कि बृथों पर अनावश्यक भीड जमा ना हो सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का शालन करते हये अनिवार्य रूप से मास्क हनेंगे और बच्चों को ोलियो ड्रा शिलाने से हले हाथों को अनिवार्य रू से सैनेटाइज करेंगे बाखली होम स्टे चमोली जिले में बाखली नाम से सरकारी होम स्टे की शुरूआत की गई है इसके जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा

इसके संचालन की जिम्मेदारी एकीकृत आजीविका रियोजना से जुड़े मां चण्डिका स्वायत्त सहकारिता समूह को दी गई है कृषि आधारित र्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिलासू में होम स्टे तैयार किया गया है खास बात यह है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और स्थानीय उत्पादों की बिक्री का बाजार भी मिलेगा यहां र आने वाले र्यटक जिलासू लंगासू और इसके आस ास रम् रागत हाड़ी खेती से भी रूबरू होंगे और ग्रोथ सेंटर से स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर सकेंगे होम स्टे में र्यटकों के लिए हाडी व्यंजनों का खास मैन्यू तैयार किया गया है